जिन्हें आईजीएमसी में भर्ती करवाया गया है मृतक बच्चों में महल और मान्य शामिल हैं जबकि बेस चालक की पहचान नरेश के रूप में हई है मुख्यमंत्री ने आईजीएमसी जाकर उपचाराधीन घायल बच्चों का कृशलक्षेम पूछा और चिकित्सा अधिकारियों को घायलों का बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जयराम ठाकुर ने कहा कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जाएगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे मुख्यमंत्री के साथ शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज भी मौजूद रहे शोक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बस हादसे पर दुख जतया है एक ट्वीट में उन्होंने पीड़ित परिवारो के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने बस द्वर्घटना पर गहरा दुख जताते हुए शोक संतप्त परिजनों से अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं केन्द्रीय वित्त व कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने भी इस बस हादसे पर गहरा शोक प्रकट किया है प्रदेश कांग्रेस कमेटी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिवालय में भी इस दुर्घटना में स्कूली बच्चों और चालक की मृत्यु पर दुख जताया है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि रूस और हिमाचल प्रदेश पर्यटन कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर संहयोग कर सकते हैं वे आज शिमला में उनसे मिलने आए भारत में रूस के राजदूत निकोलय आर क्डाशेवा के साथ बातचीत कर रहे थे जयराम ठाक्र ने कहा कि हिमाचल और रूस की भौगोलिक व संस्कृति सहित अनेक समानताएं हैं उन्होंने रूसी राजदूत को नवम्बर में धर्मशाला में प्रस्तावित ग्लोबल इंवेस्टर मीट की जानकारी देते हुए इसमें शामिल होने का न्यौता दिया रूसी राजदूत ने कहा कि रूस ग्लोबल इंवेस्टर मीट में सक्रिय भूमिका निभाने का हरसंभव प्रयास करेगा अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त व कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने आज दिल्ली से वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से ऊना जिला के अंब अंदौरा और अंबाला कैंट पैसेन्जर रेलगाड़ी के मार्ग विस्तार का शुभारंभ किया उन्होंने इस रेलगाड़ी को दौलतपुर चौक स्टेशन तक विस्तार किए जाने को हरी झण्डी दिखाई इस अवसर पर दौलतपुर चौक स्टेशन में आयोजित कार्यक्रम में गगरेट के विधायक राजेश ठाक्र और रेलवे अधिकारी मौजूद रहे इस रेलगाड़ी के शुरू होने से धार्मिक स्थल चिंतपूर्णी आने जाने वाले श्रद्दालुओं को सुविधा होगी इससे गगरेट के लोगों को भी फायदा होगा महेन्द्र सिंह सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाक्र ने पेयजल योजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं वे आज शिमला जिला के चौपाल क्षेत्र के देहा में विभागीय अधिकारियों के साथ एक बैठक में बोल रहे थे महेन्द्र सिंह ठाकर ने चौपाल खंड में चल रही विभिन्न पेयजल योजनाओं के बारे में विचार विमर्श किया और पेयजल भंडारण टैंकों की समय पर सफाई करने के निर्देश दिए सिंचाई मंत्री ने नाबार्ड की पेयजल योजनाओं की समीक्षा की और इनके सुचारू क्रियान्वयन में आ रही दिक्कतों को तुरंत दुरूस्त करने के आदेश दिए वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने बच्चों से स्वच्छ भारत का ब्रैंड अम्बेस्डर बनकर लोगों को जागरूक बनाने का आहवान किया है ऊना जिला की मुच्छाली पंचायत में ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्र के शिलान्यास अवसर पर उन्होंने ये बात कही

उन्होंने कहा कि संयंत्र में जहां प्लास्टिक की री साईकलिंग की जाएगी वहीं कचरे से खाद तैयार की जाएगी विपिन परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर लोगों की समस्याएं निपटाने को कहा है सुलह विधानसभा क्षेत्र के ननाओं में जनसमस्याएं सुनने के बाद उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के गरीब व्यक्ति के विकास के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है

उन्होंने कहा कि इस योजना में आयुष्मान भारत योजना से छुटे हुए परिवारों को शामिल किया जाएगा नरेन्द्र बरागटा मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा ने कहा है कि लोगों की शिकायतों का घर द्वार पर निपटारा करने के उद्देश्य से सरकार जनमंच कार्यक्रम आयोजित कर रही है

नरेन्द्र बरांगटा ने कहा कि किन्नौर जिला में खटारा बसों को सड़कों से हटाने के लिए वे मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे